इस बात की जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में दी उन्होंने कहा है कि हिरासत में लिए गए भारतीय पायलट को कल संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जायेगा गौरतलब है कि विंग कमाण्डर अभिनन्दन भारत की सीमा में घुस आये पाकिस्तानी हवाई जहाजों को रोकने के लिये गये थे इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया था हालांकि उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बाद में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने राज्य सरकारों से ये दावे खारिज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है वहां की जमीन पर इन लोगों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई को निर्धारित की है

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक संस्थाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपना विकास करना चाहिए गौरतलब है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रदान किए जाते हैं

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा श्री कमलनाथ ने आज हरदा जिले के टिमरनी में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत लाभार्थी किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित कर रहे थें उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भी एक प्रमुख चुनौती है आज का युवा वर्ग रोजगार चाहता है मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करना होगा उद्योग लगाने होंगे

प्रशासन अकादमी में आयोजित अधिवेशन के तीसरे और अंतिम दिन धार्मिक समन्वयता और सामाजिक सौहार्द्र शीर्षक पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया अधिवेशन में देश भर के जाने माने विद्वानों और इतिहासकारों ने भाग लिया साथ ही पांच प्रस्ताव भी पारित किये गये जिसमें पुलवामा में आतंकी हमले की निंदा के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिये जरूरी कदम उठाये जाने चाहिये अधिवेशन में अन्य प्रस्तावों पर भी विद्वानों ने अपने अपने व्याख्यान आयोजित किये

सफल अभ्यर्थी व्यवसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्रों को डाउनलोड कर इस परीक्षा के लिये उपस्थित हो सकते हैं

जिनमें से आठ हजार एक सौ पचास अभ्यर्थियों को दूसरे के चरण परीक्षा के लिये पात्र पाया गया है दूसरे चरण की परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों में से व्यवसायिक परीक्षा मंडल अंतिम चयन सूची जारी करेगा

समाचारों पर आधारित नए चैनल न्यूज ऑन एआईआर को पिछले दिनों शुरू किया गया यह चैनल फ्री डिश के डीटीएच चैनल नंबर एक पर उपलब्ध होगा

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

उन्होंने कहा कि भारत एकजुट होकर काम करेगा आगे बढ़ेगा और एकजुट होकर लड़ेगा तभी जीतेगा देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम अपनी रक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मियों के आभारी हैं जिनकी वजह से भारत विकास के नये स्तर पर पहुंच सकता है

इस कार्यक्रम का आयोजन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत किया गया इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को तैयार करना है

सभी परीक्षा केन्द्रों में इसके लिये तैयारी पूरी कर ली गई है

परीक्षार्थियों को सुबह साढ़े आठ बजे तक अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचना आवश्यक है इसके बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा

परीक्षा केन्द्रों में लगातार निगरानी के लिये उड़न दस्ता टीम गठित की गई है जिससे किसी भी प्रकार की नकल पर रोक लगाई जा सकेगी

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन की आवश्यकता है श्रीमती पटेल ने आज ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह बात कही इस अवसर पर विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उपाधि प्रदान की गई समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी दो दिन तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है इसके अलावा सागरग्वालियर और चम्बल संभाग के जिलों के साथ सतना इंदौर और धार जिले में शीतलहर चलने की संभावना है

जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया घायल को ग्वालियर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है

इस दौरान हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया